कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बररम को आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया है सीबीआई ने चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी देने में अनियमितता के आरोपों की पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत की मांग की थी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चिदम्बरम इस घोटाले में अन्य लोगों के साथ षडयंत्र में शामिल थे उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जवाब देने से बच रहे हैं चिदम्बरम के वकीलों ने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके पुत्र कार्ति सहित अन्य आरोपियों को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है इधर भाजपा ने पी चिदंबरम का बचाव करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यूपीए शासन भ्रष्टाचार का पर्याय था और कानून अब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है उन्होंने इस कार्रवाई के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले को जांच एजेंसियों और अदालतों पर छोड़ देना चाहिए जम्म् कश्मीर में घाटी के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील देते हुए नाकेबंदी हटाई जा रही है और लोगों का आवागमन तथा यातायात धीरे धीरे बहाल हो रहा है लेकिन मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अब तक स्थगित है अधिकतर जगहों पर लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं अधिकारियों ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण है और कश्मीर घाटी में कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है

परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएंगी वायुसेना ने कहा है कि लेह और जम्मू में यह परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी

पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया उन्होंने कहा कि इससे पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढेगा और बिजली की उत्पादन लागत में कमी आएगी फिलहाल अन्य तरह की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इस तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है

योजना का मकसद छोटे करदाताओं को कर विभाग में लम्बित विवादों से राहत दिलाना है सरकार ने करदाताओं और अन्य सम्बद्ध पक्षों से इस योजना का लाभ उठाकर एक नयी शुरूआत करने की अपील की है इस योजना के दो मुख्य भाग विवाद निपटारा और करों के बकाया में राहत तथा जुर्माने से माफी है इस संबंध में र्छाटे करदाताओं को मुकदमो से भी राहत मिलेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

मुख्य सचिव डी बी गृप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में निर्देष दियें

इस योजना का प्रीमियम हर साल के लिए अलग है इसमें केन्द्र सरकार भी प्रीमियम में अंषदान देती है

राज्य में यूवाओं के सर्वागीण विकास के लिए सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में यूवा क्लब शुरू किए जाएंगे

श्री डोटासरा ने बताया कि विद्यालयों में युवा क्लब के जरिये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ उनमें सद्भाव और समन्वय की भावना विकसित की जायेगी आनंदपाल गिरोह के सकिय सदस्य मनीष जाट को पुलिस ने सीकर शहर से गिरफ्तार कर लिया है

मनीष जाट को आज अदालत में पेश किया जायेगा श्रीगंगानगर में एक किलो आठ सौ ग्राम गांजे के साथ पूलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है बाडमेर जिले में कल दो सडक हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई श्रीगंगानगर के सदर थाना के सामने रोडवेज बस की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो कोटा की ओर से बूंदी जिले के माट्रदा गांव में स्वतंत्रता उत्सव के तहत जन चेतना कार्येकम आयोजित किये गये कार्यक्रम में संगोष्ठियां रैली और नुक्कड नाटक के जरिये लोगों को जागरूक किया गया

कोटा में नया हवाईअड्डा बनाने के लिये प्रस्तावित जमीन का एयरपोर्ट एथोरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने कल अवलोकन किया उनके साथ जिला कलेक्टर और जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे मौसम विभाग ने कल से एक बार फिर राज्य के दक्षिणी भागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार पिछले पांच दिनों से निष्किय मानसून प्रदेश में एक बार फिर सकिय होने जा रहा है